भाजपा संसदीय दल ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने संबंधी विधेयक और अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक को पारित कराने पर सरकार की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में कल संसद द्वारा संविधान संशोधन विधेयक को पारित किए जाने को एक ऐतिहासिक कदम बताया है मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के पिछड़े व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के हितों को ध्यान में रखकर आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का यह कदम इन वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में नौ प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है बैठक के बाद पत्रकारों को इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए प्रदेश के सभी विकासखंडों में इंटर्नशिप के आधार पर लोक कल्याण मित्रों की नियक्ति की जायेगी जो योजनाओं के प्रचार प्रसार से लेकर जनता के फीडबैक को सरकार तक पहुंचायेंगे कैबिनेट ने राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासों में नियम विरूद्ध काबिज लोगों को बेदखल करने की नीति को भी अपनी मंजूरी दे दी है इसके अलावा सरकार ने विधायकों की हवाई यात्रा को लेकर भी फैसला किया है अब एयर इंडिया से यात्रा करने पर विधायकों के किराये की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जायेगी इसके लिए विधायकों को यात्रा के लिए एमसीओ लेने की आवश्यकता नहीं होगी बैठक में कामर्शियल मुर्गीपालन योजना पर भी सहमति बन गयी है सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा मनमानी शुल्क वसूली पर नियंत्रण के लिए शुल्क विनिमय विधेयक को हरी झंडी दे दी है उत्तर प्रदेश के देवरिया और बिहार के मुजफ्फरपुर के बालिका संरक्षण गृह में दुष्कर्म की घटनाओं का मामला आज संसद में भी उठाया गया लोकसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी भी जगह ऐसी घटनाएं शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है चाहे बिहार हो अथवा उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं संज्ञान में आई थी

बाकी जो भी बाल सुधार गृह इस प्रकार के चल रहे है उनकी पूरी तरह से जांच हो ताकि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण दुखद और शर्मनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके गृहमंत्री ने कहा कि देवरिया घटना में उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरन्त कदम उठाया है जिला योजना अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया और आश्रय गृह की संचालिका तथा उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को जांच के आदेश दिये हैं अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी ऐसी घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त की और सांसदों से कहा कि वे अपने अपने जिलों में चल रहे आश्रय गृहों में रह रही बालिकाओं की स्थिति जानें उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि देवरिया आश्रय गृह की लापता बालिकाओं का पता लगाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है

उन्होंने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आश्रम गृह में कितने बच्चे रह रहे थे क्योंकि कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिला है इस मामले की जांच कर रही दो सदस्यीय कमेटी आज शाम तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी

इस बीच पूरे प्रदेश में जिलाधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने अपने जिलों में चल रहे सभी किस्म के आश्रय गृहों का दौरा किया और इस सिलसिले में विस्तृत रिपोर्ट आज शाम तक पेश होगी सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

राज्यसभा ने कल इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया लोकसभा इसे पिछले महीने ही पास कर च्रकी है

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र ने उन्हें शपथ दिलाई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

प्रदेश सरकार छह से चौदह वर्ष की उम्र के उन बच्चों को चिन्हित करने का कार्य शुरू करेगी जो शिक्षा से वंचित है बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक ने ग्यारह से पच्चीस अगस्त तक प्रदेश के सभी जिलों में बच्चों को चिन्हित करने के निर्देश दिये हैं परियोजना निदेशक वेदपति मिश्र ने सभी बीएसए को इस संबंध में पांच सितम्बर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कहा है प्रदेश में विभिन्न जनपदों में रूक रूक कर हो रही लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिससे बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है रामपूर में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे सैकड़ों एकड़ में तैयार गन्ने की फसल जलमग्न हो गई गोण्डा के तहसील कर्नलगंज में एल्गिन चरसड़ी के अस्थायी नकहरा बांध के टूटने से आसपास के गांव में पानी घुस गया है बाढ़ से प्रभावित लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं

जिले के रूदौली सोहावल बसर तहसील के तटीय इलाकों में बाढ़ से स्थिति नाजुक बनी हुई है

कल वन विभाग के मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार अट्ठारह के मानस्न के मौसम में पौध रोपण का लक्ष्य नौ करोड़ से बढ़ाकर ग्यारह करोड़ निर्धारित किया गया है उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वृक्षारोपण समितियां बनाई गई है वन मंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने के लिए प्रभात फोरी नुक्कड़ नाटक और पर्यावरण रैली का आयोजन किया जा रहा है

संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ आर सी लोहानी ने स्तनपान विषय पर व्याख्यान देते हुए बताया कि नवजात शिशु के लिए माँ का दूध अमृत समान होता है और यह शिशु को गंभीर रोगों से बचाता है माँ के दूध से शिशु की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बौद्धिक व मानसिक विकास होता है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की नव नियुक्त अध्यक्ष श्रीमती बिमला बाथम ने कल पदभार ग्रहण कर लिया है उनके साथ उपाध्यक्ष पद पर श्रीमती अंजू चौधरी एवं श्रीमती सुषमा सिंह द्वारा भी पदभार ग्रहण कर लिया गया है